विस चुनाव मतदान प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज भारी सुरक्षा के बीच छिटपुट माओवादी घटनाओं को छोड़कर आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदाने संपन्न हुआ पहले चरण में अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए इनमें बस्तर संभाग की बारह और राजनांदगांव जिले के छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने रायपुर में एक पत्रकारवार्ता में बताया कि इन अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में औसतन इकसठ प्रतिशत मतदान हुआ है उन्होंने बताया कि दस विधानसभा क्षेत्रों में जहां तीन बजे तक मतदान हुआ है वहां बावन फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया वहीं शेष आठ विधानसभा क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक सत्तर प्रतिशत वोट डाले गए श्री साहू ने बताया कि बीजापुर में औसतन तैंतीस नारायणपुर में चालीस अंतागढ़ में तैंतालीस भानुप्रतापपुर में संतावन कोंडागांव और कांकेर में बासठ दंतेवाड़ा में उनचास मोहला मानपुर में सड़सठ केशकाल में चौंसठ कोंडागांव में बासठ कोंटा में छियालीस जगदलपुर पैंसठ डोंगरगढ़ डोंगरगांव और चित्रकोट में इकहत्तर बस्तर खैरागढ़ और राजनांदगांव में सत्तर और खुज्जी में बहत्तर प्रतिशत वोट पड़े हैं इस अट्ठारह में से देस विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक हुआ वहीं शेष आठ जगहों पर सुबह आठ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक वोट डाले गए

मतदान के दौरान सुरक्षा के बंदोबस्त काफी अच्छे थे इसके चलते कई माओवाद प्रभावित इलाको में ऐसे पोलिंग बूथों में भी लोगों ने वोट डाले जहां पिछले चुनावों में एक भी वोट नहीं पड़ा था

वहीं घने जंगलों और पहाड़ो े धिरे कोकड़ाझोर मतदान केंद्र में स्काउट गाईड के कैंडिटो ने अन्य मतदाताओं के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं को भी सुगमतापूर्वक मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद की हमारे संवाददाता प्रमोद पोटाई ने बताया कि यहां पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ

बस्तर जिले में भी वोट डालने को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा अनेक बुज़र्ग महिलाएं भी अपनी उम्र और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची

हमारे राजनांदगांव संवाददाता मिथलेश देवाँगन ने बताया कि ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई

मतदान के लिए चार हजार तीन सौ छत्तीस केंद्र बनाए गए थे इनमें से राजनादगांव कांकेर कोंडागांव बीजापुर सहित कुछ विधानसभा क्षेत्रों में शुरूआत में ईव्हीएम मशीन खराब होने की शिकायतें मिली इसके चलते कई स्थानों में विलंब से मतदान शुरू हो पाया मतदान के दौरान इकतीस ईव्हीएम और इंक्यावन वीवीपैट मशीनों को तकनीकी खराबी के कारण बदला गया इस बीच बस्तर संभाग और राजनांदगांव जिले में मतदान संपन्न कराने के बाद मतदानकर्भियों की वापसी भी शुरू हो गई है अतिसंवेदनशील क्षेत्रों से मतदान दलों की वापसी हेलीकॉप्टर से हुई है कोंडागांव जिले के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बेचा और कड़ेनार से मतदान कराकर मतदान दल हेलीकॉप्टर से जिला मुख्यालय लौट आया है

इन विधानसभा क्षेत्रों में आगामी बीस नवंबर को मतदान होगा प्रचार अभियान के लिए भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक लगातार सभाएं ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव रैली को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद प्राप्त राशि का इस्तेमाल गरीबों के उत्थान और देश के विकास के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास ही उसकी पहली प्राथमिकता है

वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज शिवरीनारायण और पाटन में चुनावी सभाएं लीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बसना सरिया और कोरबा में पार्टी के प्रचार अभियान में सभाएं लीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पहले दिन वे महासमुद बलौदाबाजार जांजगीर चांपा और खरसिया में आयोजित आमसभा को संबोधित करेंगे वहीं दूसरे दिन चौदह नवंबर को श्री गांधी कटघोरा कोरबा तखतपुर कवर्धा और भिलाई की जनसभा में शामिल होंगे माओवादी वारदात इस बीच बीजापुर जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के पांच जवान घायल हो गए इनमें एक असिस्टेंट कमांडेंट एक सब इंस्पेक्टर एक हेड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल शामिल हैं डीआईजी रतनलाल डांगी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा बटालियन की टीम एरिया डोमिनेशन के लिए पामेड़ इलाके में निकली हुई थी माझीगुड़ा के पास जवानों की माओवादियों के साथ मुठभेड़ हई बाद में माओवादी मौके से भाग खड़े हए प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी के अनुसार इस मुठभेड़ में चार से पांच माओवादी भी मारे गए हैं हालांकि उनके शव बरामद नहीं किए जा सके हैं इससे पहले दंतेवाडा जिले के कटेकल्याण इलाके में माओवादियों ने तोमकपाल नैयनार रोड पर आज सुबह करीब साढ़े पांच बजे बारूदी सुरंग का विस्फोट किया इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है उधर बीजापुर जिला के पांडेय पारा और केशकृतुल में सुरक्षा बलों ने प्रेशर बम बरामद किया इस बीच सुकमा जिले के पुशपाल इलाके में डीआरजी के साथ हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गये हैं मौके से सुरक्षा बलों ने दो माओवादियों को गिरफ्तार के साथ ही दो बंदूकें भी बरामद की हैं